उन्होंने कहा कि स्वच्छता की आदतें अपना कर हम सभी एक स्वस्थ और आरोग्य जीवन जी सकते हैं हाथ धोना हमारे व्यवहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं स्वच्छता और हाथ धोने के आदत कोरोना संकमण की चेन को तोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इससे कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है इस अवसर पर उन्होंने हैश टैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान का शुभारम्भ किया एक रिपोर्ट डिस्पैच राज्य के सूचना विभाग ने लोगों से आज ग्लोबल हैंड वाशिंग डे के मौके पर हैश टैग हाथ धोना धो के करो ना का इस्तेमाल करने की अपील की है लोग ग्लोबल हैंड वाशिंग डे के मौके पर इस हैश टैग का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रद्रषण नियंत्रण के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पचास दलों को आज झंडी दिखाकर रवाना किया

श्री जावडेकर ने कहा कि ये दल विशेष रूप से ऐसे इलाकों पर ध्यान देंगे जहां स्थिति बेहद खराब है

जगह जगह जाएगी जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी जो समीर एप पर कप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे कंट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे और ये सब आपका अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उन उन एजेंसियों को कहेंगे जिनको ये कार्रवाई करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों को आगामी दीपावली से पूर्व बजट की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों द्वारा वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए यह कार्रवाई समयबद्ध की जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत विद्यालयों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए संकल्पित है और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अनेक निर्णय लिये हैं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप रहने और भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की जायें

उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में पारम्परिक पठन पाठन के साथ कम्प्यूटर विज्ञान और गणित की शिक्षा देना आवश्यक है प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रकिया जारी है आज अमरोहा जनपद की नौगावां सादात विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और अन्तर्राष्ट्रीय किकेटर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमरेश सिंह सहित सात उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दर्ज कराया इस सीट के लिए अब तक ग्यारह नामांकन दाखिल हो चुके हैं कानपुर नगर जनपद की घाटमपुर विधानसभा सीट के लिए आज भाजपा के उपेन्द्र पासवान और समाजवादी पार्टो के इन्द्रजीत कोरी ने अपने पर्चे दाखिल किये कांग्रेस के उम्मीदवार कृपाशंकर शंखवार और बसपा के कुलदीप शंखवार पहले ही अपना नामांकन करा चुके हैं

हाल में उनके निधन से यह सीट रिक्त हुई है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

मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में आईसीयू बेड में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में दवाई और चिकित्सा से जुड़ी सामग्री की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाये प्रदेश में आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिये गये हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटर सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी रखनी होगी और सभी कर्मचारियों तथा दर्शकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है

एक रिपोर्ट डिस्पैच ज्यादातर शहरों में अलग अलग वजहों से आज कोई सिनेमा हॉल नहीं खुले मेट्रो शहरों जैसे लखनऊ आगरा कानपुर इलाहाबाद और गोरखपुर में भी बहुत ही सीमित संख्या में सिनेमा हॉल खोले गए शामली में सिनेमा हॉल मालिकों ने आकाशवाणी को बताया कि जब कोई नई फिल्म रिलीज होगी तभी वह शो शुरू कर सकेंगे

दर्शकों ने भी आज सिनेमा हॉलों से दूरी ही बना कर रखी और बहुत ही कम संख्या में लोगों ने टिकट बुक कराएं बिजनौर में बढ़ते हुए कोविड मामलों की वजह से सिनेमा हॉल मालिकों ने शो न शुरू करने का फैसला किया है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उधर राज्य सरकार ने मल्टी प्लेक्स और सिनेमा हॉल के लिए छह महीने की लाइसेंस फीस में छूट देने की घोषणा की है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले छह महीनों से बंद उद्योगों को सहायता देने के लिए यह फैसला किया है

समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की कोविड की जांच पॉजिटिव आई है पार्टो ने बताया है कि अस्सी वर्षीय श्री यादव में अभी कोविड के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी ने एक टवीट करके बताया कि श्री यादव डॉक्टरों की देखरेख में हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री कलाम दश के लिए सपने देखते थे